राष्ट्र आज इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और देश की क्षमताओं पर भरोसा रखें बाईट देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं के समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूँ कि वे वापस लौट आये मुद्दो को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखे हम इक्कसवीं सदी में है जो ज्ञान विज्ञान और लोकतंत्र का युग है क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो क्या आपने ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बना हो हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करता प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर हिंसा के बल पर समस्या का समाधान ढूंढ रहे लोगों से शांति और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की अपील की है

आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाए जहां शांति हर सवाल के जवाब आधार हो एकजुटता हर समस्या के समाधान का प्रयास में हो और भाईचारा और विभाजन और बंटवारें की कोशिश को नाकाम करें नए साल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को विकास और प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए सभी को एकजुट होकर सहयोगपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में योगदान करना चाहिए इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया इसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की बाईट संवा भारत की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता सामाजिक और आर्थिक प्रगति की रंग बिरंगी झलक राजपथ पर देखने को मिली वहीं पहली बार सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स की एक टुकड़ी ने साहसी स्टंट का प्रदर्शन किया और दर्शकों ने भी तालिया बजाकर उनके शौर्य को सलाम किया परेड में सोलह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के अलावा छह केन्द्रीय मंत्रालयों की झांकियां ने भाग लिया जम्मू और कश्मीर ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परेड में भाग लिया वायुसेना की झांकी में राफेल और तेजस युद्धक विमान हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर आकाश मिसाइल प्रणाली और अस्त्र मिसाइल के मॉडल लोगों को देखने को मिला इस वर्ष की परेड का मुख्य आकर्षण सुखोई और अत्याध्रनिक हत्के हैलीकॉप्टरॉ के साथ हाल में शामिल किए गए विनुक तथा अपाचे हैलीकॉप्टरॉ का फ्लाई पास्ट रहा कार्यक्रम के अंतिम चरण में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपने अद्मुत कर्तब से दर्शकों का मन मोह लिया दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली केंद्र सरकार ने इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सौ इकतालीस पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है इनमें सात पद्म विभूषण सोलह पद्म भूषण और एक सौ अठारह पद्मश्री सम्मान हैं इनमें बिहार के आठ विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पुरस्कार पाने वालों में वैसे असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने समाज देश और मानवता के लिए विशिष्ट योगदान दिया है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वाले विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्व लगातार कार्रवाई कर रही है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के बीस पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया विशिष्ट सेवा के लिए निगरानी जांच ब्यूरो के अपर महानिदेशक सुनील कुमार झा पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था के एडीजी अमित कुमार और बिहार सैन्य प्रलिस पटना के हवलदार उदय राम को राष्ट्रपति प्रलिस पदक प्रदान किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में झंडा फहराया विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी और विधानपरिषद में कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने झंडोत्तोलन किया भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह राजद प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पुलिस मुख्यालयों स्कूलों और इनर्जी इंटरनेशनल सहित अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी उल्लासपूर्ण माहौल में इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाये जाने की सूचना दी है विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना स्थित आकाशवाणी परिसर में भी झंडोत्तोलन किया गया आकाशवाणी पटना के उप महानिदेशक वेद प्रकाश ने तिरंगा फहराया इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे पूर्वोत्तर और असम को भारत के नक्शे से मिटाने जैसी देशद्रोही बाते करने वाला जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आज जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर छापेमारी की जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि छापेमारी में शर्जिल इमाम नहीं मिला लेकिन उसके तीन करीबी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया पटना हाई कोर्ट के पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागेन्द्र राय का निधन हो गया है वे सतहत्तर वर्ष के थे राय पिछले कई दिनों से नई दिल्ली के एम्स में भर्ती थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर समेत अनेक अधिवक्ताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राज्य के पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह उनके पुत्र और पूर्व विधायक सुमित सिंह के साथ दो अन्य के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने ठगों के गिरोह को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है लेकिन सुबह और शाम कुंहासा और पछुआ हवा चलने से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

राष्ट्र आज इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है